प्रचार अंतिम दिन प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम पांच बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जायेगा

प्रचार के अंतिम दिन आज भाजपा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह धार में जनसभा संबोधित कर रहें हैं उसके बाद इन्दौर में और रोड शो करेंगे धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहें हैं वहीं जिले की सरदारपुर सीट पर भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रोड शो कर एक नुक्कड़ सभा करेंगे केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी छिन्दवाड़ा नरसिंहपुर सतना जिलों में प्रचार कर रही हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर निवाड़ी सागर विदिशा सीहोर और मोपाल जिले में सभाएं कर रहें हैं वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमनसिंह बालाघाट मंडला और शहडोल जिलों में जनसभाएं करेंगे कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार से हर वर्ग नाराज है और मतदाता राज्य में बदलाव चाहते हैं उन्होंने कल बैतूल जिले के आठनेर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में नौजवान बेरोजगार हैं तमाम घोषणाओं के बाद भी किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिले हैं कमलनाथ ने पार्टी के चुनाव घोषणापत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ किया जायेगा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जायेगा

यह एक ऐसा माध्यम है जो युवा वर्ग को प्रशिक्षण देकर सैन्य गतिविधियों से अवगत कराते हुए अनुशासन में रहकर उनमें एकता की भावना का विकास करता है समारोह में राज्यपाल ने कैंडेटस को प्रमाण पत्र मेंट किये और पत्रिका स्पंदन का विमोचन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुम्बई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्वांजलि दी है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 उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की

इससे भारतीय इतिहास में नये युग की शुरूआत हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि इस अवसर पर देश संविधान सभा के महान विमूतियों के योगदान को हमेशा याद करता रहेगा उन्होंने संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को बघाई दी है

शिवपुरी चुनाव तैयारी शिवपुरी जिले की पांच विघानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं

फोटोयुक्त पर्ची से मतदाताओं को मतदान करने में सुविधा होगी